दीपावली अवकाश के एक दिन पहले आज भी नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं आज उमरिया जिले की दोनों विधानसभा सीट बांधवगढ़ और मानपुर से भाजपा प्रत्याशी शिवनारायण सिंह और मीनासिंह अपने अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे श्री चौहान का शहर में रोड़ शो और चुनावी सभा को भी सम्बोधित करने का कार्यक्रम है

कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इसके अलावा मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया सीट से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवप्री मंत्री विजय शाह ने खंडवा की हरसूद सीट से अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये वहीं कांग्रेस की ओर चुरहट सीट से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चाचोड़ा से लक्ष्मण सिंह और राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह ने नामांकन पत्र भरे आम आदमी पार्टी के तीन उम्मीद्वारों ने इन्दौर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र जमा किये आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस दौरान मौजूद थे

तेरह नवम्बर को ही आयोग द्वारा भोपाल में षाम को राजनैतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी

स्वीप अभियान प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है रायसेन जिले में भी स्वीप प्लान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

इसके तहत शासकीय एमजीएम कॉलेज में मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगोली बनाकर मतदान का संदेश दिया प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिए रंगोली के माध्यम से अधिक से अधिक मतदान के लिये जागरूक किया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

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने शहरों में प्रद्रषण को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया प्रद्षण मुक्त और कम लागत वाले परिवहन नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि रोप वे केबल कार पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के लिए परिवहन का उपयोगी साधन और घनी आबादी वाले शहरों में पहुंचने का बेहतर विकल्प साबित हो सकती है उन्होंने कहा कि परिवहन के ये विकल्प दूसरी श्रेणी के शहरों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे

रूप चतुर्दशी पर युवतियों और महिलाओं में सजने संवरने को लेकर विषेष उत्साह रहता है आगरमालवा जिले में भी इस त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा यूँ तो सजने संवरने और अपने रूप को निखारने के लिये सभी उत्सुक रहते है और यदि बात तीज त्यौहार की हो तो फिर कहने ही क्या पाँच दिवसीय दीपावली पर्व के दुसरे दिन आज रूप चौदस के मौके पर आगरमालवा जिले में महिलाओं और युवतियों में सजने संवरने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा हैं रूप चौदस के दिन बेसन हल्दी चंदन के साथ ही अन्य सामग्रियों से बने उबटन और मेंहदी लगाने की परंपरा हैं वहीं सुर्योदय के पूर्व सुगंधित द्रव्यों से स्नान करने का भी षास्त्रों में विषेष महत्व हैं रूपचौदस को छोटी दीपावली के साथ ही नरक और यम चौदस भी कहा जाता हैं इसलिये षाम के समय मंदिरों में यमराज के लिये दीये लगाने से विभिन्न दोषों का भी निवारण होता हैं उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में रूप चतुर्दशी के मौके पर भगवान महाकालेश्वर का आकर्षक श्रृंगार कर आज दीपावली का पर्व मनाया गया उमरिया जिले में भी रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है विदिशा जिले में भी रूप चतुर्दशी के मौके पर नगर के हरितमय मुक्तिधाम में आज शाम को एक दीप अपने परिजनों के नाम से रोशन कर शहर के लोग अपने परिजनों का आर्शीवाद लेकर सुखमय जीवन की कामना करेंगे वहीं खंडवा के महालक्ष्मी माता मंदिर में दीपदान के बाद संध्या और शयन आरती होगी सुरक्षा त्यौहारों व विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा आमजनों की सुरक्षा को लेकर पूरे जिले में चौकसी बरती जा रही है पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्षन में कल पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ शहर में महत्वपूर्ण स्थानों की सघन चेकिंग की श्रीसिंह ने बताया कि यह कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी ट्वेंटी ट्वेंटी भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा मैच शाम सात बजे से शुरू होगा भारत ने कोलकाता के ईडेन गार्डेन्स में खेले गये पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हरा कर तीन मैचों की श्रृंखला में एक शून्य की बढ़त हासिल कर ली है

वहीं रीवा सागर भोपाल और उज्जैन संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई